शिमला में रैली को सम्बोधित करते हुए गृह मंत्री ने विपक्षी दलों को अधिनियम में ऐसा कोई भी अनुच्छेद बताने की चुनौती दी जिसमें नागरिकता छीनने का प्रवधान हो गृह मंत्री ने कहा कि पड़ोसी देशों में धर्म के नाम पर उत्पीड़न झेल रहे अल्पसंख्यको को भारत की नागरिकता दी जाएगी गृहमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी अफवाह फैला रहें है कि इस अधिनियम के तहत अल्पसंख्यको की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी उन्होंने कहा कि विपक्ष लोगों को न बाटें न ही गुमराह करे

यह मासिक रेडियों कार्यक्रम की साठवी कड़ी होगी प्रधानमंत्री ने लोगो से कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव भेजने को कहा है

यह आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा आकाशवाणी में हिन्दी प्रसारण के तुरन्त बाद क्षेत्रीय भाषाओ में इसका प्रसारण किया जायेगा

आर के एम एच के स्वामी विश्वेशनंद महाराज ने कहा कि अस्पताल लोगो को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मुहैय्या कराने के लिए प्ररा प्रयास करेगा

जिले के लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सूत्रों ने बताया कि क्षतिग्रस्त पाईपलाइन के मरम्मत कार्य में कुछ समय लग सकता है

बैठक में ए डी सी मुख्यालय तुली गंगकक मेच्रका ए डी सी बाइरो सोरुम और ग्राम पंचायत के अंतरिम समितियों के सदस्य उपस्थित थे इससे पहले जिला उपायुक्त ने कहा कि अनुमोदन के लिए रखी गई योजना व्यवहार्य और लोगो पर केंद्रित होना चाहिए उन्होने सभी अधिकारियों से ग्राम सभा में प्रस्तावित सभी योजनाओ को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए पूरी मेहनत के साथ कार्य करने को कहा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके

आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि शहरी क्षेत्रों में एक करोड़ बारह लाख मकानों की मांग है उन्होंने बताया कि सत्तावन लाख मकान निर्माणाधीन है और लगभग तीस लाख मकानों का काम पूरा कर लिया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना किफायती मकानों के विश्व के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है